सभी विशेष रेलगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी

अब तक छह हजार चार सौ अस्सी लोगों को उपचार के बाद दी गयी छुट्टी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम एक सौ छह लोगों की मौत हो गयी जबकि छप्पन अन्य घायल हो गये मृतकों में अधिकतर किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे थे गोपालगंज में सबसे अधिक चौदह लोगों की मौत हुई है पूर्णिया में नौ नवादा मध्रबनी भागलपुर और औरंगाबाद में आठ आठ सीवान में सात तथा पूर्वी चंपारण दरभंगा और बांका में पांच पांच लोगों की मौत की खबर है इसी तरह खगड़िया और जमुई में तीन तीन तथा पश्चिम चंपारण समस्तीपुर किशनगंज जहानाबाद सीतामढ़ी सुपौल कैमूर और बक्सर में दो दो लोगों की मौत हुई है शेखपुरा शिवहर सारण मधेप्रा सहरसा और अररिया में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में लगी हुई हैं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि दी जा रही है मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार नेपाल की तराई से सटे क्षेत्र तथा उत्तर और मध्य बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण गोपालगंज सिवान शिवहर सीतामढ़ी दरभंगा समस्तीपुर सारण मधुबनी सुपौल अररिया सहरसा मधेपुरा किशनगंज और कटिहार जिलों को रेड जोन में रखा गया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक किशनगंज में सौ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी चरधरिया और अररिया में नब्बे नब्बे मिलीमीटर बगहा और मुसहरी में अस्सी अस्सी मिलीमीटर तथा बहाद्रगंज मोतिहारी और रामनगर में सत्तर सत्तर मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अधिकांश जिलों में कल से लगातार बारिश हो रही है इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान पटना जहानाबाद नालंदा नवादा और समस्तीपुर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है बारिश के समय खुले स्थानों में नहीं निकलने तथा खेतों में काम नहीं करने की अपील की गयी है साथ ही विभाग ने लोगों से अपने स्मार्ट फोन में इन्द्र वज् मोबाईल एप्प डाउनलोड करने की सलाह दी है यह एप्प लोगों को बीस किलोमीटर की परिधि में वज्रपात होने की स्थिति में चालीस से पैंतालीस मिनट पूर्व चेतावनी भेजता है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी बागमती गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी की प्रवृति बनी हुई है हालांकि अधिकांश नदियां अभी भी खतरे के निशान से नीचे है और सभी तटबंध सुरक्षित है बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग में खतरे के निशान को पार कर गयी है मुजफ्फरपुर में बागमती गंडक और ब्रुढ़ी गंडक लाल निशान से नीचे है कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर में लाल निशान के आस पास पहुंच गया है वहीं समस्तीपूर जिले से गूजरने वाली सभी नदियां लाल निशान से नीचे बनी हुई है इस बीच पश्चिम चंपारण के वाल्मिकीनगर बराज से गंडक नदी में तिरासी हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे गंडक की सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है वहीं सुपौल के भीमनगर में कोसी बराज से एक लाख पच्चीस हजार क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया जिससे जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है रेलवे ने बारह अगस्त तक मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है परन्तु बारह मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और एक जून से शुरू हुई स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाडियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा इससे पहले रेलवे ने तीस जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बढ़कर सतहत्तर प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक तीन सौ चौहत्तर लोगों को एक साथ उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छह हजार चार सौ अस्सी हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य में मृत्यु दर मात्र शून्य दशमलव छह सात प्रतिशत है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में जो भी मामले सामने आये हैं उसमें पचासी प्रतिशत पुरूष और पन्द्रह प्रतिशत महिलाएं हैं इक्कीस वर्ष से चालीस वर्ष के आयू वर्ग के सबसे अधिक साठ प्रतिशत मरीज हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मात्र आठ प्रतिशत मरीजों में कोरोना के लक्षण पाये गये हैं जबकि बानवे प्रतिशत मरीज बिना लक्षण वाले हैं उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों में इक्यानवे प्रतिशत मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से जबकि नौ प्रतिशत मरीज शहरी क्षेत्रों से हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे देश में प्रति दस लाख लोगों में तीन सौ पच्चीस पॉजिटिव मामले पाये जा रहे हैं जबकि बिहार में यह संख्या मात्र सड़सठ है इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ पन्द्रह नये मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि संक्रमितों की संख्या आठ हजार चार सौ अटठासी हो गयी है उन्होंने बताया कि नये मामलों में सबसे अधिक अट्ठाईस मुजफ्फरपुर से सामने आये हैं इसके अलावा पटना से पन्द्रह पूर्णिया से चौदह पश्चिम चंपारण से तेरह सुपौल से बारह लखीसराय और नवादा से ग्यारह ग्यारह तथा बेगूसराय से दस मामलों की पुष्टि हुई है इसी तरह सिवान और दरभंगा से नौ नौ जमुई तथा औरंगाबाद से आठ आठ पूर्वी चंपारण और भागलपुर से सात सात मधुबनी मधेपुरा और रोहतास से छह छह तथा गोपालगंज और बक्सर से पांच पांच मामले सामने आये हैं किशनगंज और सहरसा में तीन तीन जहानाबाद और कटिहार में दो दो तथा नालंदा वैशाली अरवल खगड़िया बांका भोजपुर मुंगेर सारण और शेखपुरा में एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार नौ सौ इक्यावन है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक सतावन लोगों की मौत हो चुकी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयी है श्री सिंह पिछले दिनों कोविड उन्नीस संक्रमित हो गये थे अभी उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा है पटना में एक सर्राफा व्यवसायी की कोविड उन्नीस से हुई मौत के बाद पटना में आभूषण दुकानदारों ने आज से अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने चार जुलाई तक दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख नब्बे हजार चार सौ एक हो गई है वहीं देश भर में अब तक दो लाख पचासी हजार छह सौ सैंतीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या पन्द्रह हजार तीन सौ एक हो गई है नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर मे स्वयं को आइसोलेट करना और सुरिक्षत दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए

तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए वो इस तरह के रूम में आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पांच जुलाई को होने वाली केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी स्थगित हो गयी है सीटीईटी के निदेशक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद नयी तिथियों की घोषणा की जायेगी लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों के लिए सभी जिलों में काउंसलिंग की व्यवस्था की गयी है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित डीआरसीसी भवन में काउंसलिंग की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि काउंसलिंग से कामगारों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी प्रदेश में सार्वजनिक बैंकों ने कॉम्फेड से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने के लिए आवेदन मांगा है कॉम्फेड के तहत प्रदेश में साढ़े बारह लाख किसान निबंधित हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने आज पटना में सर्वदलीय बैठक बुलायी है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे इसमें चुनाव तैयारियों आचार संहिता मतदान कोन्द्रों के गठन और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा होने की संभावना है बक्सर के पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने जिले के चार पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि हत्या के एक विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए पटना भेजा गया जहां ये सभी कैदी के साथ एक होटल में रूके इसी क्रम में कैदी होटल से फरार हो गया पटना उच्च न्यायालय ने पटना जहानाबाद और गया के जिलाधिकारी को पटना गया राष्ट्रीय उच्च पथ की खराब स्थिति का निरीक्षण करने का आदेश दिया है इस दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को भी उपस्थित रहने को कहा गया है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल और आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो जुलाई तक बढ़ा दी है पहले अंतिम तिथि अट्ठाईस जून तक निर्धारित थी प्रदेश में टिड्डियों का एक छोटा दल प्रवेश कर गया है रोहतास और बक्सर जिले के कई गांवों में इस दल ने फसलों को क्षति पहुंचायी है टिड्डी दल के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने कैमूर रोहतास बक्सर औरंगाबाद सारण भोजपुर गया सीवान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अलर्ट जारी किया है

साथ ही अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के कुसुमा गांव में रसोई गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट में तीन बहनों की झुलस कर मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये वहीं खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जाह्नवी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के पलट जाने से तीन भाई बहनों की मौके पर ही मौत हो गयी दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमपट्टी स्थित घोबी नाला में तीन बच्चियों की मछली पकड़ने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से ड्रब कर मौत हो गयी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे छह शिक्षकों के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करवायी है

हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में कुदरत का कहर उत्तर बिहार चंपारण और मिथिलांचल में अधिक मौतें प्रभात खबर की सुर्खी है विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में निर्विरोध जीतेंगे सभी नौ उम्मीदवार दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है हर हाल में पन्द्रह तक बांटे राशन कार्ड दैनिक भास्कर अमरिकी विदेश मंत्री के हवाले से लिखता है भारत को चीन से खतरा हम अपनी सेना यूरोप से हटा एशिया भेज रहे हैं आज ने जम्मू कश्मीर में दो आतंकियों के ढेर होने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है डोप के दाग से मुक्त भारोत्तोलक संजीता चानू को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार

सभी विशेष रेलगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी

अब तक छह हजार चार सौ अस्सी लोगों को उपचार के बाद दी गयी छुट्टी